इस अवसर पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्बोधित करते हुये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मताधिकार कोई साधारण अधिकार नही है उन्होंने देशवासियों से इस बहुमूल्य अधिकार का सम्मान करने का आह्वान किया राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को बिना किसी धर्म जाति और सम्प्रदाय के भेदभाव के मताधिकार मिला है इसमें गरीब और अमीर का भी कोई अन्तर नही है श्री कोविंद ने कहा कि मताधिकार के लिये हम देश क संविधान निर्माताओं के ऋणी हैं उन्होंने कहा कि पिछले पचहत्तर वर्षो में भारत विश्व के आदर्श लोकतंत्र के रूप मे उभरा है और इस उपलब्धि के लिये निर्वाचन आयोग के साथ ही देश के नागरिकों का भी बहुमूल्य योगदान है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति का संबोधन शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात साढे नौ बजे से किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की स्थापना की वर्षगांठ के तीन दिवसीय समारोह के दूसरे दिन आज वर्ष्यअल माध्यम से नोएडा के बायोडाइवर्सिटी पार्क सहित जन सुविधाओ से जुड़ी सात सौ करोड़ रूपये की लागत वाली छाछठ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने ओडीओपी योजना के तहत टूल किट का वितरण किया और स्वयं सहायता समूहों को आरएफ सीआईएफ सीसीएल का वितरण भी किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सबसे उन्नत और उच्चस्तरीय आध्निक जीवन शैली वाले नोएडा में विकास के प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट और विश्वस्तरीय फिल्म सिटी की स्थापना लोक कल्याण के संकल्पों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्द होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के समेकित प्रयासों से नोएडा में देश के सामने विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया है समन्वित प्रयास और टीम वर्क से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उम्मीद के अनुरूप प्रदेश को शीध्र ही एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का राज्य बनाया जा सके गा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर कार्यवाही का निर्देश देते हये पुलिसकर्मियों को आम जन के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने का निर्देश दिया उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और सरकार प्रदेश की जनता के सुरक्षा के लिये प्रतिबद्व है मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर गृह कारागार प्रशासन एवं सुधार तथा होमागर्ड्स विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में गृह तथा कारागार विभाग के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को समय से पूरा कराया जाय मानकों और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा होनी चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका समय समय पर निरीक्षण भी किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकतीस जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे लोग नमों ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अट्ठाईस जनवरी तक सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए एस एम एस में प्राप्त लिंक का उपयोग कर सकते हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी हैं अपने बधाई संदेश में सभी अमर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुये उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से प्राप्त आजादी तथा देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखना हम सब की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस का अवसर सभी को सौहाई शान्ति और भाईचारा कायम रखने के लिये प्रेरित करता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल का जनता के नाम संदेश का प्रसारण दूरदर्शन केन्द्र लखनऊ से कल सुबह साढे आठ बजे और आकाशवाणी केन्द्र लखनऊ से शाम साढ़े सात बजे प्रसारित किया जायेगा